इससे बाल मृत्यु दर में प्रभावी कमी हो सकेगी राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त के अनुसार इस बार दस्तक अभियान में पुरूषों की सकिय भागीदारी के लिए ग्राम स्तर पर स्वस्थ ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा सभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास महिला बाल विकास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अमले द्वारा आहार एवं स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में विस्तार से समझाया जायेगा इसके साथ संचारी तथा असंचारी रोगों पर भी चर्चा की जायेगी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले ग्राम पंचायत तथा विकासखंड को पुरस्कृत किया जायेगा खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दस्तक दल गाँव गाँव जाकर स्वास्थ्य संबधी जागरूकता सदेंश देगा इसके साथ नरसिंहपुर शिवपुरी भिंड मुरैना उज्जैन रीवा सहित अन्य जिलों से भी दस्तक अभियान की तैयारियों के समाचार मिले हैं सहायक प्राध्यापक नियुक्ति मध्यप्रदेश के विधि विधायी कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने कल कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति मामले का निराकरण जल्द किया जायेगा श्री शर्मा ने ये बात चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात में कहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है उन्होंने कहा कि चयनित विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते पीएससी चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का निराकरण नहीं हो पाया उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही चयनित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का निराकरण होगा बालिका द्ष्कर्म मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के नेहरू नगर के पास मांडवी बस्ती में एक मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए कल कहा कि ऐसी घटनाएं दुखद और आहत करने वाली हैं श्री कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों को शीघ्रता से सजा दिलवाने के प्रयास किए जाएं किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाए उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसको लेकर भी कदम उठाए जाएंगे श्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और उसे न्याय दिलाया जाएगा किसान आरोप मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर किसानों के मामले में लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया लगाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के ऋण माफ किए हैं और यह प्रक्रिया जारी है श्री सलूजा ने एक बयान में इंदौर में कल भाजपा नेताओं की पत्रकार वार्ता में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में कहा कि ये आरोप पूरी तरह असत्य पर आधारित हैं गर्मी प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से अगले कुछ हप्तों में निजात मिलने की संभावना नजर आने लगी है मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गयी हैं जिनमें कई हल्के और कई भारी बादलों के बनने और नमी बढ़ने जैसी गतिविधियां शामिल हैं उधर केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद अब राज्य में भी मानसून के आगमन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं इससे जल्दी ही भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद् बंधी है

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है वहीं खरगौन जिले में तीव्र लू का प्रभाव रहा रीवा छतरपुर दमोह भोपाल रायसेन राजगढ़ रतलाम शाजापुर गुना दतिया ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में गर्म हवायें चलीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खरगौन जिले में सैतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

इसमें देश भर से आये लोक कलाकार लोक गायक और शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं इन्दौर के लालबाग परिसर में चल रहे इस उत्सव में लोग न सिर्फ लोक कला और नृत्य से रूबरू हो रहे हैं बल्कि शिल्प मेले में खरीददारी भी कर रहे हैं मेले में विभिन्न प्राप्तों के खान पान के स्टॉल भी लगाये गये हैं

भारत का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को न्यूजीलैंड से होगा आज साउथम्पटन में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का सामना होगा मैच भारतीय समयानुसार दिन के तीन बजे शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल ढाई बजे से राजधानी और एम रेनबो तथा डीटीएच हिंदी पर उपलब्ध रहेगा

इससे यात्रियों को अतिरिक्त सामान के कारण एयरलाईस को ज्यादा पैसे देने से छुटकारा मिलेगा और वे अपना सामान सीधे घर भेज पायेंगे